राज्यपाल ने किसानों से हिमाचल को प्राकृतिक खेती राज्य बनाने का किया आहवान

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत शिमला में निकाली गई जागरूकता रैली मख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने कहा है कि सरकार लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं शिमला में आज उन्होंने जनसुनवाई की और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया

उन्होंने कहा कि हैल्पलाईन सेवा के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं जयराम ठाकूर ने लोगों से इस सेवा का भरपूर लाभ उठाने का आग्रह किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किसानों से हिमाचल को प्राकृतिक खेती राज्य बनाने का आहवान किया है

उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने में प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और प्राकृतिक कृषि को अपनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन जाएगा

ये अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भूंतर व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेगुबेहड़ के विलय के बाद बनाया गया है

इस बीच गोबिंद ठाकुर ने पैंशन सप्ताह के तहत कुल्लू में चल रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रमिकों व छोटे व्यवसायियों से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाने का आहवान किया

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले के कूटलैहड़ क्षेत्र में पेयजल योजनाओं पर सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने बीडीओ कार्यालय बंगाणा के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया

धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन रहा है और सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास किया गया है

पालमपुर में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार व हत्या की घटना देश के लिए बेहद शर्मनाक है और परिस्थिति गंभीर हो गई है शांताकमार ने कहा कि बलात्कार साबित होने पर दोषियों को सबके सामने फांसी दी जानी चाहिए और उसे सभी टीवी चैनलों पर दिखाया जाना चाहिए उन्होंने योग व नैतिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप मे पढ़ाए जाने पर भी जोर दिया

मातवंदना प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत देशभर में इन दिनों मातृवंदना सप्ताह मनाया जा रहा है

रैली का उद्देश्य योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के दिए जा रहे लाभ के बारे में लोगों को जानकारी देना था एडीएम प्रभा राजीव ने रैली को हरी झंडी दिखाई

इस दौरान नारों के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संदेश भी दिया गया